मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मिली मंजूरीदस लाख रुपये तक का मिलेगा कैशलैस इलाज

केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने एक टवीट संदेश के जरिए जानकारी दी है कि एक जनवरी से मध्यप्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र आंध्रप्रदेश तेलंगाना गुजरात हरियाणा कर्नाटक केरल गोवा झारखण्ड और त्रिपुरा में इस योजना की शुरुआत हो गई है उन्होंने बताया कि इन राज्यों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े लोगों को इसर्से फायदा होगा अब वे कहीं भी रहते हुए अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं कैबिनेट बैठक राज्य मंत्रिमण्डल की आज हई बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हई इनमें अतिथि शिक्षकों को राहत देना प्रमुख है कैबिनेट में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि सरकार अतिथि विदवानों के लिए अलग से पद बनाकर भर्ती करेगी वहीं मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दे दी इसमें कर्मचारियों को दस लाख रुपये तक की कैशलेश इलाज की सुविधा दी जायेगी इसका लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा यह योजना एक अप्रेल से लागू होगी भाजपा अभियान केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कल मुरैना में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर प्रबुद्धजनों को संबोधित करेंगे इससे पहले आज भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सागर में आयोजित कार्यक्रम में कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि देने वाला कानून है उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का विरोध करना अधिकार है लेकिन हिंसा का सहारा लेना गलत है वहीं सीहोर में पार्टी विधायक सुदेश राय ने आज जिला कार्यालय में नागरिकता कानून के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गौरतलब है कि भाजपा द्वारा इस कानून के समर्थन में राष्ट्रव्यापी जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है

साथ ही स्थानीय जनजातीय समूहों के द्वारा मनोरंजक सांस्कृ तिक प्रस्तुतियाँ दी जाएगी हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक फरवरी को सभी कार्यक्रम बेटियों को समर्पित होंगे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

इन्हें एमपीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता हैं यह परीक्षा दो सत्रों में आयोजित होगी

मौसम पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने के कारण राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य स्थानों में पारा लुढ़कने लगा है मौसम केन्द्र के मुताबिक बैतूल खरगोन सागर और नरसिंहपुर में आज शीतल दिन रहा उधर सागर ग्वालियर चंबल संभाग सहित प्रदेश के अधिकांश जिलो में कोहरा छाया रहा ग्वालियर चंबल संभाग में सुबह दृश्यता शून्य पर पहुंच गई

हालांकि दोपहर में यहां धूप खिली शिवपुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोहरे के कारण वाहनचालकों को परेशानी को सामना करना पड़ा सीहोर में भी दोपहर तक कोहरा छाया रहा मौसम विभाग ने बताया है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान ग्वालियर एवं सागर संभागों में तथा बैतूल रायसेन भोपाल एवं खरगोन जिलों में कोल्ड डे रह सकता है इसके साथ ही ग्वालियर एवं चंबल संभाग तथा सागर एवं रीवा संभाग के जिलों में घने से घना कोहरा रह सकता है